प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चौबीस फरवरी को गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना का करेंगे शुभारम्भ

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा राफेल पर लोकसभा में विस्तार से चर्चा के बावजूद कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठाकर लोगों को कर रही है गुमराह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने चुनौतियों के समय देश को निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में निणार्यक नेतृत्व प्रदान किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी ने लम्बे राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग विपक्ष में बिताया इसके बावजूद उन्होंने लगातार जनहित के मुद्दों को उठाया और अपने सिद्वांतों पर टिके रहे राजनीति में उतार चढ़ाव आये जय पराजय आये लेकिन आदर्श और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है जितनी ताकत उनके भाषण में थी शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद कई केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों से अनुरोध किया कि किसानों से जुड़े आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत उनकी आय सहायता राशि उनके खातों में डाली जा सके वित्त मंत्री ने कहा कि अगर करदाता बचत और मेडी क्लेम में निवेश में करता है या शिक्षा ऋण लेता है तो वे साढ़े नौ लाख रूपए तक की आय पर कर में छूट प्राप्त कर सकते हैं श्री गोयल ने कहा कि बीस वर्ष की अवधि के लिए छह लाख तक के रुपये के ऋण पर सरकार ब्याज में साढ़े छह प्रतिशत रियायत देती है निम्न आय वर्ग और खास तौर से जिनकी कर देय आय पांच लाख रूपए तक है उन्हें और अधिक लाभ देने की आवश्यकता है सरकार ने अपने अंतरिम बजट में निर्णय लिया कि निम्न आय वर्ण या वे वर्ण जो पांच लाख छह से आठ लाख की आय पर आयकर देते हैं उन्हें ढाई हजार रूपए से लेकर साढ़े बारह हजार रूपए तक छूट दी जाए लेकिन उनकी कटौती और छूट के बाद कर देय आय लगभग पांच लाख रूपए आती है चर्चा में भाग लेते हए कांग्रेस नेता के सी वेण्गोपाल ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बेरोजगारी गरीबी और कृषि संकट गहराया है भारतीय जनता पार्टी के ओएम बिरला ने कहा कि सरकार ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव रखी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की जनपद स्तर पर प्रगति की समीक्षा करते हए सभी जिलाधिकारियों को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि यह योजना लघु और सीमान्त किसानों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने जिलाधिकारियों से राजस्व रिकार्ड में दर्ज लघ् और सीमान्त किसानों की सूची जल्द ही अपलोड करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जनपद स्तर पर पात्र किसानों की सूची बनाकर लाभार्थियों के बैंक खातों तथा आधार को लिंक करके तैयार कर लिया जाये जिससे लाभार्थियों के खातों में सीघे धनराशि भेजी जा सके से में भी को भी के लिया है कि के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कल लखनऊ हवाई अड्डे पर प्रयागराज जाने से रोकने के मुददे पर विधानमंडल में संयुक्त विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बाद कल तक के लिये स्थगित कर दी गई विरोधी दल के सदस्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ हवाई अड्डे पर रोके जाने का विरोध कर रहे थे इस पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दोपहर साढ़े बारह बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा आखिर में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया बाद में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि श्री यादव के प्रयागराज के कार्यक्रम में भाग लेने पर कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है इसलिये यह कदम उठाया गया विधान परिषद में विपक्ष के सदस्यों ने सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौतों का मुद्दा उठाया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज प्रयागराज आ रहे हैं उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे श्री शाह एक दिन की अपनी इस यात्रा के दौरान विभिन्न साध् संतों और साघकों से मुलाकात करेंगे बताया जाता है कि अखाड़ों के अन्य धार्मिक नेता अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों और विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वरों के साथ परंपरानुसार सामुदायिक भोज के बाद कृम्म से प्रस्थान करेंगे जबकि संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां मेला समाप्त होने तक जारी रहेंगी चार मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम स्नान के साथ ही कुम्भ का समापन होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरा परिवार अभियान की शुरूआत की यह अभियान आगामी दो मार्च तक चलाया जायेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कदम रसूल वार्ड में इस अभियान का शुभारम्भ किया

बरेली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने अपने घर पर भाजपा का झंडा फहरा कर कार्यक्रम की शुरूआत की इस मौके पर श्री गंगवार ने कहा कि यह कार्यक्रम देश में वातावरण को परिवर्तित करेगा जौनपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में अपने आवास पर इस अभियान की शुरूआत की और प्रदेश में पचास लाख घरों पर कार्यक्रम के तहत झंडे और स्टीकर लगाने का लक्ष्य है वाराणसी में भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने घर से अभियान को चलाया इस मैके पर एकत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले चाय पर चर्चा की और फिर घर घर जाकर लोगों को अभियान में शामिल किया कार्यकर्ताओं ने लोगों को केन्द्र की मोदी सरकार की साढ़े चार साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस बार बार राफेल मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह कर रही है उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लोकसभा में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले का निपटान कर दिया है राफेल के मद्दे पर इस संसद में चर्चा हो चकी है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सम्बंध में अपना फैसला दे दिया है

गृहमंत्री ने कल लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष को स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज नई दिल्ली में मीडिया इकाईयों के पहले वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया इकाईयों में काम करने वाले भारतीय सुचना सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय स्तर पर एकजुट होने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना है